प्रधानमंत्री ने बैठक में इन राज्यों में अधिक से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध कराने और अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने की बात कही इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार को मिलने वाली दर पर राज्यों को भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार भी कम पड़ेगा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों फ्रंटलाइन वर्कर्स और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाले वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी से अवगत कराने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने बैठक में रेमडेसिविर और अन्य जीवनरक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्यों को प्राथमिकता से इन्हें दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके उपयोग की अनुमति दिए जाने का भी आग्रह किया इस बीच केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी दो महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रतिमाह प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा भाजपा धरना भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई कल चौबीस अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक अपने अपने निवास के बाहर धरना देंगे इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जनसंख्या की दृष्टि से संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया है श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने बिस्तर ऑक्सीजन और वेंटीलेटर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में असफल हुई है इसलिए प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता चौबीस अप्रैल को धरना प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय प्रस्कार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर कल चौबीस अप्रैल को छत्तीसगढ़ को बारह पुरस्कार दिए जाएंगे नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल रूप से प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए राष्ट्रीय स्तर के बारह पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा इन पुरस्कारों में ई पंचायत सहित कोंडागांव जिला पंचायत गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत तथा सात ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे

इसी कड़ी में रायपुर जिले में सात नये कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं इन सेंटरों में मरीजों के इलाज के लिए छह सौ बत्तीस बिस्तरों की व्यवस्था की गई है इनमें से दो सौ बयासी बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा वाले हैं वहीं वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान स्वयंसेवी संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा बीते दस अप्रैल से अब तक एक लाख चौंतीस हजार जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं उधर जगदलपुर में एक निजी समूह द्वारा शुरू किए गए तीस बिस्तरों के अस्थायी कोविड अस्पताल का सांसद दीपक बैज ने अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मरीजों को बेहतर और समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए वहीं कोंडागांव जिला प्रशासन ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी किराना राशन और अन्य सामानों की मूल्य सूची जारी की है साथ ही सभी दुकानदारों से निर्धारित मूल्य पर सामानों का विक्रय करने का निर्देश दिया है इधर महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आपातकालीन रिथिति से निपटने के लिए सेवानिवृत्त एलोपैथिक चिकित्सक स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आवेदक सत्ताईस अप्रैल तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं इसी तरह कबीरधाम जिले में भी कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में तीन माह तक सेवा देने के इच्छुक एमडी मेडिसीन चिकित्सा अधिकारी स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट और सफाईकर्मी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पताल में रहने से उनके फिर से संक्रमित होने की आशंका रहती है साथ ही अन्य गंभीर मरीजों को बिस्तर भी नहीं मिल पाता है बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आरपीएफ ने कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया है इस हेल्प डेस्क द्वारा कोरोना के संबंध में आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे साथ ही कोविड अस्पतालों की जानकारी भी दी जाएगी कोई भी रेलवे यात्री इस हेल्प डेस्क से सहायता ले सकता है इस बीच नाक कान और गला विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जैन ने लोगों को सेनिटाईजर की अपेक्षा साबुन से हाथ धोने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि साबुन से बार बार हाथ धोना कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा उपयोगी है

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान देने की अपील की थी इस बीच राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने डोंगरगढ़ में कोरोना संक्रमितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सांसद निधि से छह लाख रूपये प्रदान किया है वहीं हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक लाख ग्यारह हजार रूपये का सहयोग दिया है

पात्र लोग कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जायेगा इस बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरु स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया राज्यपाल ने प्रदेश के सभी पात्र लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी जिससे हमें कोरोना को हराने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका लगाने के बाद भी लोग मास्क अवश्य लगाएं और कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें इधर बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की अपील पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रोजगार सहायक घर घर जाकर लोगों को कोविड टीकाकरण के लिये प्रेरित कर रहे हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं जिले में अब तक तीन लाख पंद्रह हजार से अधिक पात्र लोगों ने कोरोना टीका का पहला और बत्तीस हजार से अधिक लोगों ने दूसरा डोज लगवा लिया है जिले में दो सौ छब्बीस टीकाकरण केन्द्र बनाये गये हैं इनमें एक सौ सोलह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वहीं मुंगेली जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने पात्र लोगों से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना टीका लगवाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की स्थिति इसके नियंत्रण और बचाव के उपायों के बारे में चर्चा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा घातक है इसलिए सभी को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुशंसित दवाओं का सेवन तत्काल शुरू कराए जाने की बात कही मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने और समझाइश देने की अपील की श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था पर पंचायतों को विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही उन्होंने गांवों में स्थापित क्वारेंटीन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना से बचाव के उपायों को लेकर लोगों को जागरूक और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की वहीं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दस दस ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सीटी स्केन मशीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करने की भी बात कही श्री सिंहदेव ने अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को गांवों में कार्य उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्रदान करने के भी निर्देश दिए लखमा कोरोना समीक्षा प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्य के सभी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में समीक्षा की उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अधिकारियों से प्रदेश के उद्योगों से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी की गई कार्यवाही की जानकारी ली श्री लखमा ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए साथ ही अन्य राज्यों से आने वाली शराब तथा राज्य में बनने वाले अवैध शराब की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने को कहा कोरोना मरीज प्रदेश में कल सोलह हजार सात सौ पचास लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या छह लाख पांच हजार पांच सौ अड़सठ हो गई है वर्तमान में एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ संतानवे लोगों की मृत्यु हुई वहीं आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में पदस्थ अभियांत्रिकी सहायक उत्कर्ष प्रताप सिंह की आज कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई वे उनतालीस वर्ष के थे पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज रायपुर के एम्स अस्पताल में चल रहा था उनके निधन पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है रेडी टू ईट कबीरधाम जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पंचानवे हजार हितग्राहियों को पौष्टिक आहार रेडी ट्र ईट घर घर पहुंचाकर दिया जा रहा है साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं गौरतलब है कि जिले में सोलह सौ पचयासी आंगनवाड़ी केंद्र हैं इनके माध्यम से गर्भवती और शिशुवती महिलाओं छह माह से छह वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों तथा किशोरी बालक और बालिकाओं को रेडी ट्र ईट का वितरण किया जा रहा है

मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर और मध्य भाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रवाती घेरा ओडिशा के दक्षिणी तट पर स्थित है वहीं बंगाल की खाड़ी से प्रदेश में नमी आ रही है जिसके कारण एक दो स्थानों पर बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है

वहीं इस हादसे में चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं